मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही गंभीर घटना है जिसके लिये सरकार संवेदनशील है और इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा

हर जिले में ऐसा अधिकारी नियुक्त किया जायेगा जो महिलाओं पर होने वाले सभी अत्याचारों और उन मामलों में की गई कार्रवाई की निगरानी करेगा

थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी पांचों आरोपी पकडे गये है मुख्य आरोपी छोटेलाल गुर्जर को पुलिस ने कल सीकर के अजीतगढ स्थित अजमेरी गांव से गिरफ्तार किया पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने बताया कि प्रकरण में जल्द ही इनके खिलाफ चालान पेश किया जायेगा

आज अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष एस मुरगन पीडिता के परिवार से हालात की जानकारी लेने के लिये अलवर पहुंचे

प्रचार के अंतिम दिन राजनैतिक दलों और निर्दलीयों ने प्रचार के लिए पूरी ताकत लगा दी इस चरण में चार मुख्यमंत्री और कुछ कोन्द्रीय मंत्रियों समेत कई दिग्गज अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भोपाल सीट से मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तथा सोनीपत सीट से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के टिकट पर और उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजमगढ सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं

सम्मेलन में क्षेत्र के महानिदेशक आर एन मिश्रा मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय रीजन के सभी अपर महानिदेशक सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया

कमेटी को एक हफ़ते में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है गौरतलब है कि आज तड़कें ड्रग स्टोर में अचानक आग लग गई

शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एफ एम कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाली मध्यस्थता समिति ने आज सीलबंद लिफाफे में मध्यस्थता प्रक्रिया से संबंधित अंतरिम रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली संविधान पीठ को सौंपी

ब्यूरो के अधिकारी ने बताया कि रिश्वत दलाल के माध्यम से ली जा रही थी जो फरार हो गया बीकानेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तहसीलदार जयदीप मित्तल को दस हजार रूपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है तहसीलदार ने एक व्यक्ति से जमीन के खाता विभाजन के नाम पर ये रिश्वत मांगी थी

इस मेले में देश के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों के उत्कृष्ट मसाले उपलब्ध कराए गए हैं मेले में राज्य में उत्पादित मसालों के अलावा तमिलनाडु केरल और पंजाब राज्यों के विशिष्ट मसाले भी मिलेंगे

जिसमें अधिकारियों को अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए श्रमिकों को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए

सीकर के फतेहपुर में विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ़तार कर लिया

उन्होंने पोस्को एक्ट सहित दुष्कर्मे के लंबित पड़े मामलों की समीक्षा की